मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी को बताया पिता तुल्य व्यक्तित्व

श्री वाजपेयी का मध्यप्रदेश से गहरा सम्बन्ध रहा है उनके जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा तक मध्यप्रदेश में हुई है श्री वाजपेयी का पेतृक निवास ग्वालियर के शिन्दे की छावनी स्थित कमलसिंह का बाग में है श्री वाजपेयी ने ग्वालियर के एमएलवी कॉलेज से उच्चशिक्षा हासील की है यह कॉलेज उस समय विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था उनकी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर में हुई थी बचपन से ही उनमें राष्ट्रप्रेम कुट कुटकर भरा था

श्री वाजपेयी ने मध्यप्रदेश से प्रकाशित दैनिक स्वदेश का सम्पादन भी किया था

इसलिये उनका हाल चाल जानने के लिए एम्स में नेताओं का तांता लगा रहा उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह वरिष्ठ पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज जे पी नड्डा तथा हर्षवर्धन ने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली इनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टी एस रावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद अशोक गहलोत राज बब्बर राजीव शुक्ला राशिद अल्वी नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी और नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी आज एम्स पहुंचे वहीं दिल्ली में मंत्रीमंडल की विशेष बैठक शुरू हो गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री वाजपेयी के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि विलक्षण नैतृत्व दूरदर्शिता और अद्भुत भाषण उन्हें एक विशाल व्यक्तित्व प्रदान करता था उनका स्नेहिल व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में बसा रहेगा उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने कहा कि भारत ने एक बहुआयामी रत्न खो दिया है उन्होंने श्री वाजपेयी के जीवन को एक खुली किताब बताते हुए कहा कि वे युवा नेताओं को लिये दिशा निर्देशक और प्रेरणादायक थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि अटल जी आज हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हर भारतीय को हमेशा मिलता रहेगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री वाजनेयी को देश का राजनैतिक गुरू और पितामह बताया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि अटल जी के शब्द हमारी शक्ति है मै ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी भारत रत्न श्री वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अटल जी का निधन राजनैतिक क्षेत्र की अपूर्णिय क्षती है उन्होंने कहा कि राजनीति का एक युग समाप्त हो गया कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की

ये सभी ग्वालियर जिले के निवासी हैं शिवपूरी के पूलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर ने आज बताया कि सुभाषपूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानगढ़ जलप्रपात में कल दोपहर बाद पानी के तेज बहाव के कारण जलप्रपात में बहे छह व्यक्तियों की पहचान हो गई है इस संबंध में ग्वालियर जिले के सीमावर्ती मोहना थाने में सूचना दी गई है उन्होंने बताया कि बहे हुए व्यक्तियों की तलाश लगातार जारी है

वहीं मामले में जलसंसाधन विभाग ने कहा है कि पानी किसी जलाशय से नहीं छोड़ा गया था लगातार वर्षा के कारण यह स्थिति बनी विभाग ने कहा है कि पहाड़ी नालों से आए पानी की वजह से जल प्रपात के पास जल स्तर बढ़ा निरंतर वर्षा के कारण ही यह स्थिति निर्मित हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफलता पूर्वक बचाव कार्य करने के लिए भारतीय सेना रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आभार प्रकट किया है

भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी कुटिया में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे ऐसे बन्दियों को परिवार के साथ रखा जाएगा जिनकी सजा बहुत कम बची है और जिनके आचरण का रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है